चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किशोर अवस्था मे होने वाले शारीरिक बदलावों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा

इन जिलों के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे शिक्षा विभाग में कल देर रात प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक और व्याख्याताओं के तबादले हुए हैं स्कूली शिक्षा के तहत गणित भूगोल इतिहास और वाणिज्य विषय के व्याख्याताओं के साथ ही मंत्रालयिक कर्मचारियों के भी तबादला आदेश जारी हुए है

इसमें अभिभावकों को स्कूल के लिए बनाई गई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी

कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे कल ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा सात फरवरी को मतदान के बाद मतगणना होगी उपाध्यक्ष पद के लिए आठ फरवरी को निर्वाचन होगा

शेष स्थानों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो आज से बेंगलुरू में शुरू हो गया है तीन दिन के इस आयोजन का रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया कोर्विड महामारी को देखते हुए पहली बार इसे हाईब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है इस बार रक्षा क्षेत्र में भारत में ही तैयार हुए विमान रडॉर मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण को दर्शाया गया है

विभिन्न देशों के चीफ ऑफ एयर स्टॉफ की मीटिंग भी होगी इन मीटिंग में युद्ध कौशल और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी

हफ़ते में चार दिन चलने वाली इस ट्रेन से जोधपुर जयपुर और दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्वालुओं को काफी सुविधा होगी रेलवे ने अतिरिक्त यात्री यातायात दबाव के मददेनजर फेस्टिवल स्पेशनल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है

शेष सभी खिलाड़ियो को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे प्रदेश में आज भी अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी हुई है लोगों को शीतलहर और तेज सर्दी से राहत मिली है

मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में आज से नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है